पीएम किसान सम्मान निधि योजना के आज दो वर्ष पूरे होने के अक्सर पर श्री मोदी ने टविटर पर कहा कि इस योजना ने देश के किसानों के जीवन को आसान बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उन्होंने कहा कि देश के किसान भी सक्रिय रूप से आत्मनिर्भर भारत अभियान का अभिन्न अंग बन रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान योजना के कारण करोडों किसानों के जीवन में परिवर्तन ने प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के लिए ज्यादा कार्य करने की प्ररेणा दी है प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले सात वर्ष में सरकार ने कृषि क्षेत्र के कायाकल्प के लिए अनेक पहल की उन्होंने दोहराया कि बेहतर सिंचाई प्रौदयोगिकी ऋण की उपलब्धता बडी मंडियों तक पहंच फसल बीमा मृदा स्वास्थ्य पर ध्यान और बिचौलियों के उन्मूलन सहित अनेक प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आये हैं उन्होने कहा कि केन्द्र ने अनाज और अन्य कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एम एस पी में ऐतिहासिक वृद्धि की है श्री मोदी ने आश्वासन दिया कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है

उन्होंने कहा कि सभी का दायित्व है कि वह संविधान की व्यवस्था और संसदीय परम्परा का सम्मान करते हये लोकतंत्र को पष्ट करें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के दो वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के दो करोड़ सैंतीस लाख किसान इसके लाभार्थी हैं इस योजना में प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है प्रदेश के गन्ना किसानों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के लगभग पैंतालीस लाख गन्ना किसानों को एक लाख चौबीस हजार करोड़ रूपये से अधिक रिकार्ड गन्ना मूल्य का भूगतान किया गया है कोरोना काल में भी सभी एक सौ उन्नीस चीनी मिलों का संचालन सुनिश्चित किया गया मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषक व्यापार और वाणिज्य संक्धन सरलीकरण अधिनियम दो हजार बीस से किसानों को बाजार में पहले से ज्यादा विकल्प उपलब्ध होंगे इससे उन्हे अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त हो सकेगा वन नेशन वन राशन कार्ड के अभिनव प्रयास के लिये मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार ज्ञापित करते हुये कहा कि अब प्रदेश का कोई श्रमिक देश में कहीं भी रहेगा उसे राशन मिल सकेगा साथ ही सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी मिलेगी

आवासन और शहरी विकास मंत्रालय ने बैंकों को लिखे पत्र में कई सुझाव दिये हैं देश में पथविक्रेताओं को बिना कुछ गिरवी रखे ऋण उपलब्ध कराने की योजना के विस्तार के लिए यह सुझाव दिये गये हैं पत्र में कहा गया है कि रेहडी पटरी वाले अक्सर अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेने पर निर्भर रहते हैं इसलिए ऋण वितरण में उनके सिबिल स्कोर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए इस योजना के तहत बैंकों को कम सिबिल स्कोर वाले वेंडरों को भी ऋण देने के लिए अपने दिशा निर्देशों की समीक्षा करनी चाहिए मंत्रालय ने यह भी बताया कि लोगों को एक ही जगह ऋण की सभी औपचारिकताएं सुलभ कराने के लिए बैंक अधिकारी देश के विभिन्न शहरों में शिविर आयोजित करेंगे मंत्रालय ने इस योजना के तहत ऋण के लगभग चालीस लाख आवेदनों की समीक्षा की है इनमें से बीस लाख से अधिक आवेदन स्वीकार किये गये हैं

एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से इसके लिए प्रेरक घटनाक्रमों को साझा करने का आग्रह किया उन्होंने जनवरी मे मन की बात कार्यक्रम में कला संस्कृति पर्यटन और कृषि नवाचार से लेकर विविव विषयों पर प्रकाश डाला था लोग नमो ऐप या माईजीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं

सभी मृतक हरियाणा के जींद जिले के रहने वाले हैं पुलिस ने बताया कि दुर्घटना नौहझील थाना क्षेत्र के माइलस्टोन अड़सठ के समीप उस समय हुई जब एक टैंकर अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़ता हुआ सड़क के दूसरी ओर जा रही कार से जा टकराया दुर्घटना में कार सवार सात लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और यमुना एक्सप्रेस वे प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंच गई जिलाधिकारी और एसएसपी ने भी द्र्घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया